नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव क्मार ने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाने की किसी योजना का उद्देश्य कृषक समुदाय के जरूरतमंद वर्गो को लाभ पहंचाना होना चाहिए

डा राजीव क्मार ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले वर्षो के दौरान उतार चढ़ाव से निकलकर ठोस वृद्वि दर हासिल की है और मुद्रास्फीति को भी नियंत्रण में रखा है

चरखी दादरी जिले के गांव चांगरोड के जांबाज़ नौ सेना अधिकारी नवीन शर्मा का पार्थिव शरीर आज पंच तत्व में विलीन हो गया उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव चांगरोड में सैनिक सम्मान के साथ किया गया

हरियाणा प्लिस के जवानों ने उन्हें गार्ड आफ आनर दिया और सैन्य ध्न बजाई गई शहीद के सम्मान में कई राउंड हवाई फायरिंग भी की गई आस पास के गांवों के कई लोगों और विभिन्न पार्टियो के नेताओं ने शहीद को अंतिम विदाई दी कालका की विधायक श्रीमति लतिका शर्मा ने आज ईट राईट इंडिया मिशन के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए सम्पूर्ण भारत साईकिल यात्रा व पोषण अभियान का कालका में पंहचने पर स्वागत किया

इस मौके लतिका शर्मा ने कहा कि इस साईकल यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को साफ सुथरा भोजन करने की दिशा में जागरूक करना है

इसके साथ साथ मोबाईल फ्ड वेन लैबोरेटरी में खाद्य पदार्थो की जांच भी की गई इसके अलावा सब्जी मण्डी कालका में सभी खाद्य निर्माताओं व खाद्य व्यापारियों के लिए एफएसएसआई दवारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया

हरियाणा गौसेवा आयोग के अध्यक्ष भानीराम मंगला ने आज भिवानी में गौशालाओं को अन्दान राशि भ्रेंट करने के बाद पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी

उन्होंने कहा कि जेलों में खोले जाने वाली गौशालाओं में गौवंश के गोबर से बायोगैस प्लांट लगाकर जेल की ईंधन क्षमता को पर प्रा किया जाएगा

अम्बाला चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज तड़कसार एक सड़क द्र्घटना में सात लोगों की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गये मिली जानकारी के अन्सार द्र्घटना का शिकार हये लोग दो गाडिय़ो में चंडीगढ़ से उत्तरप्रदेश जा रहे थे जब रास्ते में एक गाड़ी खराब होने पर दोनों गाडियों के चालक गाड़ी खराब होने का कारण जानने के लिये नीचे उतरे तो पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने दोनों को क्चल दिया व सड़क किनारे खड़ी गाडिय़ों को भी दूर तक खींचता ले गया पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घायलों को सिविल अस्पताल पहंचाया चार घायलों को को इलाज के लिये पीजीआई चंडीगढ़ रैफर किया गया जबिक एक महिला अस्पताल में जेरे इलाज है अस्पताल में परिजनों से मिलने पहुंची अम्बाला की एस पी आस्था मोदी ने बताया िक जिस अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है उसे पकड़ने के लिए सीसीटीवी व क्राईम आफ सीन की टीम की मदद ली जा रही है पंजाब हरियाणा में सर्दी बदस्तूर जारी है

हिसार में पारा सामान्य से छ डिग्री नीचे चला गया

कोहरे और पाले ने ठंड में वृदवि कर दी है यम्नानगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोगों को ठंड से अभी राहत मिलती नहीं दिख रही रात को पड़ रहे पाले से सूमचा इलाका कड़ाके की ठंड की चपेट में है आज सुबह दादूपुर इलाके में न्यूनतम पारा चार डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया

कृषि विशेषज्ञ डा एस के यादव के अन्सार पाला गेहूं की फसल के फायदेमंद है लेकिन किसानों को वक्त पर सिंचाई करते रहना चाहिए उनके अन्सार सब्जी की फसल को पाले से नुकसान हो रहा है हिसार से हमारे संवाददाता अनुसार हिसार में सर्दी लगातार बढ़ रही है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अनसार एक सप्ताह के दौरान मौसम परिवर्तनशीली रहेगा और शीत लहर के चलने की संभावना है

इस मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट में ग्रीन लान सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ओपन एयर जिम बच्चों के लिये झूले बागवानी के लिए एसटीपी का ट्रीटेड पानी जैसी कई स्विधायें उपलब्ध करवाई गई है श्री संध् ने कहा कि विगत चार वर्षो के दौरान राज्य के सभी जिलों में प्लिस बेहतर मकान व काम करने के लिये अत्याध्निक कार्यालय व अन्य ब्नियादी स्विधायें उपलब्ध करवाई गई है तथा कई परियोजनाओ पर निर्माण कार्य चल रहा है